राजधानी रांची से एक हजार फर्जी पासपोर्ट और दस लाख पचास हजार रुपये के साथ एक गिरफ्तार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

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केन्द्र उन राज्यों को ऋण लेने में मदद करेगा जो जीएसटी राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तावित उधारी विकल्प अपनाना चाहते हैं कोविड महामारी के कारण राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति के उपायों पर अधिकांश राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश के वित्तमंत्री सहमत हैं

वहीं दूसरी ओर कल आठ सौ नब्बे लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई

वहीं दूसरी ओर अब राज्यभर में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर सात हजार सात सौ छिहतर हो गई है

झारखंड स्थित सूचना प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां लगातार होर्डिंग पोस्टर बैनर और प्रचार रथ के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को इस जन आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की समस्त इकाइयां ट्विटर फेसबुक एवं सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से इस महत्वपूर्ण जन आंदोलन की जानकारी झारखंड वासियों तथा देशवासियों को पहुंचा रही हैं

क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो गुमला की क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी महविश रहमान ने जानकारी दी है कि गुमला और आसपास के समस्त प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग तथा बैनर के सहारे इस जन आंदोलन से लोगों को जोड़ा जा रहा है क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो दुमका के खुर्शीद आलम ने जन आंदोलन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैनर और पोस्टर लोगों को जागरूक करने का एक उम्दा साधन साबित हो रहे हैं कोविड महामारी से रोकथाम के लिए कई जानीमानी हस्तियों ने लोगों से सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की अपील की है आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी मास्क और समय समय पर हाथ मुंह की सफाई जैसे एहतियाती दिशा निर्देशों के पालन का आहवान किया है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

दुमका विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बसंत सोरेन ने कल अपना नामांकन दाखिल किया अपने प्रस्तावक विजय कुमार सिंह और दुमका प्रखंड अध्यक्ष सिराजुद्दीन अंसारी की मौजूदगी में श्रीसोरेन दिन के डेढ़ बजे निर्वाची पदाधिकारी महेश्वर महतो के कक्ष पहुंचे और वहां दो सेट में पर्चा में दाखिल किया इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि एनडीए प्रत्याशी लुइस मरांडी आज दुमका में नामांकन करेंगी वहीं कल योगेश्वर महतो बाटुल बेरमो सीट से नामांकन दाखिल करेंगे जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड की दो सीटों बेरमो और दुमका में उपचुनाव की घोषणा की गई है बेरमो की सीट पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के बाद खाली हुई है जबकि दुमका की सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा छोड़े जाने के बाद से खाली है

राजधानी रांची के बिरसा चौक के पास से पुलिस ने कल रात एक वाहन से एक हजार से अधिक पासपोर्ट और दस लाख से अधिक रुपये के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जबकि दूसरा व्यक्ति फरार हो गया है पुलिस को सूचना मिली थी कि काफी संख्या में पासपोर्ट और नकद रुपये रांची से जमशेदपुर भेजे जा रहे हैं

इस मामले में पुलिस नक्सलियों और आतंकियों की मिली भगत की भी जांच कर रही है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में रांची को हावड़ा रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेन मिली है कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के बाद रांची से रवाना होने वाली यह दूसरी ट्रेन होगी

रांची से यह ट्रेन दोपहर एक बजकर पैंतालीस मिनट पर हावड़ा के लिए रवाना होगी इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है अनलाक में अभी सिर्फ एक ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस रांची और दिल्ली के बीच सप्ताह में दो दिन गुरुवार और रविवार को चल रही है रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होने के बाद रांची रेलवे स्टेशन से खुलने वाली यह दूसरी ट्रेन होगी

रामगढ़ जिले में पाइप लाइन की मदद से आम लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अभियान की शुरुआत की गयी

श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने कहा है कि यात्रा पंजीकरण स्थल पर भीड़ कम करने के मद्देनजर पंजीकरण ऑनलाइन जारी रखेगा

आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स से होगा जामताड़ा जिले की साइबर पुलिस ने जामताड़ा थाना के शहरपुरा गांव से चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जबकि एक अपराधी भाग निकला

चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र अंतर्गत हाहे जंगल मे बाजार से घर लौट रहे बाईक सवार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी

वहीं दैनिक जागरण का शीर्षक है त्यौहारों से पहले छोटे पैकेज से मिलेगी बड़ी राहत राज्य में फर्जी डिग्री पर नसों और पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा हत्या के मामले में झारखंड के आगे रहने की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है